शिवराज राशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वन नेशन वन राशन कार्ड अभियान का शुभारम्भ किया इस कार्यक्रम के तहत अब किसी भी राज्य में बने राशन कार्ड देशभर में मान्य होंगे

होमगार्ड मानदेय राज्य में होमगार्ड के जवानों को प्रतिमाह नियमित रूप से मानदेय का भ्गतान किया जाएगा

मोदी सरकार वर्षगांठ केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए प्रदेश भाजपा कल से कई आभासी रैलियां और वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगी प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने बताया कि राज्य के सात मंडलों में सात आभासी रैलियां कल से शुरू होंगी रैलियों की श्रंखला की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कल एक कार्यक्रम को संबोधित करने से होगी इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे लगभग एक लाख लोग और एक हजार से अधिक प्रबुद्ध नागरिक इस आभासी रैली में आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को समझेंगे

यह कार्यक्रम कल शाम सात बजे डीडी न्यूज से प्रसारित किया जाएगा यह आयुष मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी लाइव रहेगा

कोरोना संकमण को ध्यान में रखते हए परीक्षार्थियों को उनके नजदीक के परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है

परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेशपत्र जारी किया गया है उसे ही आवगमन के लिये मान्य किया जाएगा

सतना जिले के अमरपाटन में आज स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया

आगरमालवा जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों और अभिभावकों को सलाह एवं मार्गदर्शन देने के लिये साइको सोशल हेल्थ डेस्क स्थापित की गई है

जिले में आज रेडकास सोसायटी की प्रबंध समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान चलाए जाने पर चर्चा की गई

राजगढ़ में कलेक्टर ने फीवर क्लिनिक का अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये हैं पचमढी लॉकडाउन के नियम शिथिल हो जाने के बाद होशंगाबाद जिले के प्रसिद्व पर्यटन स्थल पचमढ़ी में भी प्रकृति प्रेमियों का आवागमन बढ़ने लगा है पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पर्यटन निगम ने भी पचमढ़ी में स्थित अपने सभी होटलों को खोल दिया है

सीएम शाजापुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर के एक चिकित्सालय में उपचार के दौरान वरिष्ठ नागरिक के साथ किये गये व्यवहार की निंदा की है उन्होंने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के विरूद्ध मामला दर्ज करने के निर्देश दिये हैं

वे मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश और राजस्थान की सरकार से समन्वय कायम करने की जिम्मेदारी निभाएंगे

यह आदेश प्रतिबंधित क्षेत्र की दुकानों पर लागू नहीं होगा

नमस्कार